ओ टी टी दिशा निर्देश केंद्र ने आज ओवर द टॉ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता की घोषणा की नई दिल्ली में संचार और सूचना प्रौदयोगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि इन दिशानिर्देशों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायतों के नि टान के लिए मुख्य अनु ालन अधिकारी नोडल सं र्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि अब सोशल मीडिया प्लेटफार्मो को आ तिजनक सामग्री के हले प्रवर्तक का खुलासा करना होगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों के नियमन के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की भी घोषणा की मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी प्र मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अ ने विचार साझा करेंगे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम में अ नी प्रेरणादायक घटनाओं को साझा करने का आग्रह किया है लोग अ ने विचार नमो ए या माईगोव ओ न फोरम र साझा कर सकते हैं

हमारे सागर संवाददाता ने जानकारी दी है कि रिवहन मंत्री और बस ऑ रेटरों के बीच चर्चा में एक मार्च से किराया बढ़ाये जाने र सहमति बनी है एमपी बस ऑनर्स एशोसियेशन के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष सन्तोष ांडे ने बताया कि कल प्रस्तावित हड़ताल वा स ली जा रही है उन्होंने बताया कि डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों से बसों के संचालन में रेशानी जा रही थी इस कारण किराया बढ़ाने के लिए बस मालिको ने अनुरोध किया था

विशेषकर खाद्य प्र संस्करण इकाईयों की स्था ना र जोर दिया जा रहा है प्रदेश में एक जिला एक उत्शाद के अंतर्गत बुरहानपुर के केले मंदसौर के लहसुन के साथ ही प्रदेश के कुछ जिलों में बाजरा उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है

इस हल का उद्देश्य महत्व र्ण र्यटक स्थलों र स्वच्छता के उच्च मानदंड अ ना कर देशी और विदेशी यात्रियों को आकर्षित करना तथा उन्हें बेहतर सुविधाएं उ लब्ध कराना है खेलो इंडिया शीत खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उद्वाटन करेंगे ये खेल कल से दो मार्च तक चलेंगे

इससे समूह की आमदनी बढेगी और उशार्जन कार्य में भी मदद होगी